स्वच्छ भारत मिशन शहरी की आज छठी वर्षगांठ आवासन और शहरी कार्यमंत्री हरदीप पुरी करेंगे वेब पोर्टल की शुरूआत

इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम कला और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित शांति सद्भाव और अंहिसा पर वैश्विक ई सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम में विश्व के जाने माने गांधी विचारक हिस्सा लेंगे क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से भी आज से गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित एक प्रदर्शनी गांधी एक अनत विचार आयोजित की जा रही है

सवाई माधोपुर में भी गांधी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है आज सुबह शहर के दशहरा मैदान में नेहरू युवा केन्द्र की ओर से स्वच्छता श्रमदान के साथ कोरोना जागरूकता और फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत दौड़ का आयोजन किया गया करौली में भी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेशवासियों को अपने संदेश में कहा है कि बापू ने पूरा जीवन सत्य और अंहिसा के लिए समर्पित किया और शास्त्रीजी सादगी वाले व्यक्ति थे उन्होंने किसानों और सेना का मनोबल बढाया गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी की ओर से महात्मा गांधी पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी की छठी वर्षगांठ मना रहा है इस अवसर पर स्वच्छता के छह साल बेमिसाल शीर्षक से वेबिनार आयोजित किया जा रहा है

वेबिनार के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के पिछले छह वर्षो की उपलक्षियों की चर्चा की जाएगी और राज्यों शहरों तथा साझीदार संगठनों के साथ अनुभव साझा किए जाएंगे आवासन और शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे

श्री पुरी देश के विभिन्न भागों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नवीनतम पद्धतियों को दर्शाने वाले एक जीआईसी पोर्टेल की भी शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करेंगे वैभव सम्मेलन विदेशी और भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का एक वैश्विक आभासी सम्मेलन है

कोरोना के खिलाफ प्रदेशव्यापी जन आंदोलन की आज से शुरूआत हो रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के अल्बर्ट हॉल से इस राज्यव्यापी आंदोलन की शुरूआत करेंगे इसके बाद कल प्रभारी मंत्री अपर्ने अपने प्रभार वाले जिलों में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए समझाइश करेंगे तथा आमजन को मास्क पहनने उचित दूरी रखने और भीड़ से बचने के नियमों के बारे में जागरूक करेंगे

श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना के विरूद्व जन आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनैतिक अभियान है सभी राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों सामाजिक सरोकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों की भागीदारी होने से ही यह अभियान सफल हो सकेगा

गाइड लाइन के मुताबिक कन्टेनमेंट जोन में लॉक डाउन पूरी तरह प्रभावी रहेगा कन्टेनमेंट जोन के बाहर आठवी तक के सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेगे